वहीं अमित शाह ने कहा प्रदेश में खुल गया है तबादला उद्योग

चुनाव प्रचार प्रदेश के दूसरे और देश के पांचवें चरण के लिये चुनाव प्रचार अब चरम पर है सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रदेश में सभायें कर रहे हैं कल होशंगाबाद जिले के इटारसी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी सभायें की

लेकिन हम देश के हर गरीब व्यक्ति के लिये काम करेंगे टीकमगढ़ के जतारा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुये श्री गांधी ने कांग्रेस की न्याय योजना के बारे में विस्तार से बताया उन्होंने कहा कि इस योजना का फायदा बुंदेलखंड के प्रत्येक गरीब परिवार को मिलेगा

श्री गांधी ने आज दमोह जिले के पथरिया और पन्ना जिले के अमानगंज में भी चुनावी सभा ली वहीं मुरैना में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि प्रदेश की जनता के जनादेश को हमने अपने सर पर रखा

शाह ने कमलनाथ सरकार को भ्रष्ट बताते हुये कहा कि राज्य में तबादला इंडस्ट्री चालू हो गई उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिवराज सरकार ने किसानों के हित में काम किया नामांकन लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में आज नामांकन पत्रों की जांच की गई

कल नामांकन भरने का अंतिम दिन था बृहस्पतिवार तक नाम वापस लिये जा सकते हैं मायावती आरोप बहजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया है कि सरकारी मशीनरी के द्रुपयोग के मामलें में कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी से पीछे नहीं है मंगलवार को लखनऊ में जारी एक बयान में मायावती ने कहा है कि मध्यप्रदेश के गुना लोकसभा सीट पर बसपा के उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा डरा धमकाकर बैठा दिया गया है बसपा प्रदेश में कांग्रेस सरकार को समर्थन जारी रखने पर पुनर्विचार करेगी उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस भाजपा से कम और बसपा से ज्यादा लड़ने का घिनौना कार्य कर रही है चुनाव विवाद उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के आज एक टवीट पर विवाद होने के बाद उन्होंने इसे बदल दिया है पटवारी ने कल भोपाल में इस संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रज्ञा सिंह ठाक्र और केन्द्रीय मंत्री उमा भारती के बीच की मुलाकात को लेकर टवीट किया था इस टवीट में एक अपत्तिजनक शब्द को लेकर विवाद बढ़ता देख उन्होंने इसे बदल दिया सिंधिया दौरा पूर्व केन्द्रीय मंत्री और काग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों का सघन दौरा किया उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुये कहा कि यह चुनाव देश की समृद्धि और विकास के लिये है

वहीं पांच वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को पचास वर्ष पीछे धकेल दिया है चुनाव तैयारी लोकसभा चुनाव निर्बाध और सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने के लिये रायसेन जिले में प्रशासनिक तैयारी की जा रही है जिला कलेक्टर एस प्रिया मिश्रा ने आज विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया इस दौरान देवनगर की एसएसटी चेक पोस्ट पर एसएसटी दल द्वारा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के वाहनों की भी जांच की गई कलेक्टर ने मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान मतदान केन्द्र तक पहुंच मार्ग मतदाताओं के आगमन और वोटिंग के पश्चात निर्गमन और मतदान केन्द्र में पेयजल छाया आदि व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली चौहान शिकायत प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शिकायत की है प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत में कहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ में आयोजित एक सभा में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को लेकर आपत्तिजनक और हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला बयान दिया है

राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है

श्री गांधी से तथ्यात्मक सुचना देने को कहा गया है

उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहल गांधी से नागरिकता की स्थिति पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी हिन्दुस्तानी है

शिवराज सभा भाजपा के राष्ट्राय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि इस सरकार ने प्रदेश की जनता से किये कोई भी वादे पूरे नहीं किये हैं विदिशा जिले के त्यौंदा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस शासन में जनता परेशान है उन्होंने सीहोर की रेहटी में एक अन्य चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि देश में मोदी लहर है और विकास के जो काम देश में मील के पत्थर बनें उन्हीं के बदोलत आज देश में मोदी की लहर दिखाई दे रही है

विशेष कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश के लोकसभा चुनाव पर केन्द्रित विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार में आज रात आठ बजे से आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से सुनिए रीवा खजुराहो और होशंगाबाद लोकसभा सीटों का हाल यहां के अहम मुद्दों पर लोगों की राय और सियासी समीकरणों का लेखा जोखा मौसम प्रदेश के तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है आज भी खरगोन जिला सबसे अधिक गर्म रहा

तेज गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है

हमारे सतना संवाददाता ने बताया कि जिले में तेज गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित है दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा बना रहता है होशंगाबाद में झुलसाने वाली गर्मी का असर बना हुआ है

यहां तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है गुना में स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिये अलर्ट जारी किया है

वहीं सागर उज्जैन ग्वालियर होशंगाबाद रीवा और जबलपुर संभागों के जिलों में भी लू चलने की संभावनायें है

प्रत्येक मतदान केन्द्र पर रैम्प बनाये गये हैं